च्नाव आयोग ने कहा कि वह लोकसभा चुनावों के दौरान पैसों के गलत प्रयोग पर अंक्श लगाने के लिये प्रतिबद्व है म्ख्य च्नाव आय्क्त स्नील अरोड़ा ने नई दिल्ली में कहा कि आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले च्नाव खर्च को नियंत्रित करने के लिये दिशा निर्देश जारी कर दिए है उन्होंने कहा कि निष्पक्ष च्नाव लोकतंत्र के लिये सबसे बड़ी च्नौती है

हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने आज गुरूग्राम में प्रदेश के छ जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियां तथा चुनाव से जुड़े अधिकारों की एक बैठक ली जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार च्नाव मे टेक्नोजली की भारी पैमाने पर प्रयोग किया जायेगा उन्होंने कहा कि सी विजल ऐप्प का चूनाव में पहली बार प्रयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से आम जनता मे से कोई भी व्यकित किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने या अन्य अनियमित तायें बरतने की फोटो डाल सकता है उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे च्नावी खर्च ब्क करने में सख्ती बरते और पहले ही दिन से रजिस्टर लगाकर उसमे प्रत्येक उम्मीदवार का च्नावी ब्क करना श्रू कर दें सी विजल मोबाइल एप्प आईफोन पर भी उपलब्ध है इससे आईफोन के एप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है

पंचकूला जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार सिंह ने एनफोर्समेंट स्क्वायड विंग की स्थापना की है उन्होंने बताया कि सभी स्परवाईजर प्रतिदिन अपने क्षेत्र की रिर्पोट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे उधर नारनौल मे जिलाधीश डा गरिमा मितल ने एक आदेश पारित कर जिले में सभी प्रकार के हिथयारों के लाइसेंस धारकों को त्रंत प्रभाव से अपने हिथयार नज़दीकी प्लिस थाने में जमा करवाने के निर्देश दिये है फतेहबाद जिलाधीश धीवेन्द्र खडगटा ने कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति लाइसेंस हिथयार फायर आर्मस तलवार लाठी भाला कल्हाड़ी जेली गंडासी व अन्य खतरनाक हिथयार जिससे व्यकित को न्कसान पहुंचाया जा सकता है लेकर चलने मे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा सोनीपत के उपाय्क्त डा शालीन ने निर्देश दिये है कि च्नावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये ऐसे व्यक्तियों की विधानसभा अनुसार सूचि तैयार करे जो कम से कम पिछले दो च्नावों में पहले किसी भी तरह की बूथ कैपचरिंग धमकी या इस तरह की गतिविधि में शामिल रहा हो

फ्रांस ने आतंकी ग्ट जैशे ए मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है फ्रांस के विभिन्न मंत्रालयों दवारा जारी ब्यान में कहा गया है कि मसूद अज़हर आतंक फैलाने वाले समूहों की सूची में सर्वोपरि है जिकरयोग है कि पाकिस्तान पहले ही द्निया के कई देशों के दबाव अधीन है ये वे ग्ट है जो भारत में आंतकी हमले करवाते है

भारत ने जैशे ए मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर पर फ्रांस द्वारा पाबंदी लगाने के फैसले का स्वागत किया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित आज एक विशाल समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम प्रस्कार प्रदान किये छत्तीसगढ़ की लोकगायिका तीज़न बाई को पदम विभ्रषण एवं वैज्ञानिक नम्बी नारायण को पदम भूषण से सम्मानित किया गया पदम श्री विजेताओं में अभिनेता मनोज वाजपेयी क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर बास्केट बाल खिलाड़ी प्रशांत सिंह फ्टबाल खिलाड़ी सुनील छेत्री और पर्वतारोही बिछेंद्रीपाल का नाम शामिल है

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि मन्ष्य के जीवन पर उसके धर्म के संस्कार प्रभाव छोड़ते है उन्होंने आहवान किया कि वे य्वा वर्ग को अपने जान और संस्कार को बढ़ाने के लिये ब्ज़र्गो के पास समय बिताना चाहिए तभी धर्म को मजबूती मिलेगी सोनीपत में गीता जान यज्ञ में शिरकत करते हये मंत्री कविता जैन ने कहा कि हमारे ऋषिम्नियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिये संस्कारों का आविष्कार किया था उन्होंने आयोजन में पहंचे श्रद्वाल्ओं का आहवान किया कि वे अपने बच्चों को बेहतर संस्कार दे ताकि वे देश और समाज के विकास मे अपना योगदान दे सकें बी एस एफ के जवान जोगेन्द्र सिह का रोहतक जिले के गांव बलम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया वे त्रिप्रा में वीरगति को प्राप्त् हये थे उनकी अंतिम यात्रा में हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडडा भी शामिल हये